फेरबदल राज्य सरकार द्वारा आज किए गए प्रशासनिक फेरबदल में शहला निगार को वित्त विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है साथ ही पेंशन निराकरण समिति के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है वहीं डॉक्टर कमलप्रीत सिंह को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सचिव बनाया गया है साथ ही उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है इसके अलावा निरंजन दास को राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अलावा वाणिज्यिक कर और आबकारी आयुक्त तथा राज्य बेवरेज कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वहीं भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी और वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन का प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय एनईईटी पीजी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद की सलाह से वर्ष दो हजार उन्नीस बीस से एनईईटी पीजी के लिए आवश्यक अंकों में छह प्रतिशत की कमी करने का फैसला किया है एक विज्ञप्ति में बताया गया कि अब स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठयक्रमों में दाखिले के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम चवालीस प्रतिशत दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम उनतालीस प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को चौंतीस प्रतिशत प्राप्त करने होंगे विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के शैक्षणिक सत्र से इसी आधार पर आवश्यक प्रबंध करने होंगे यातायात प्रभारी बैठक रायपुर के अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के यातायात प्रभारियों की दो दिवसीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया बैठक में विशेष पुलिस महानिदेशक आरके विज ने बताया कि विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों से यह बात सामने आयी है कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालकों द्वारा नशे में गाड़ी चलाने तेज गति और लापरवाहीपूर्वक चलाने और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने के कारण हुई हैं उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश सड़क हादसे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियों को ले जाने के कारण घटित हुए हैं इसके अलावा यह भी देखा गया है कि शाम छह बजे से रात नौ बजे और सुबह चार से पांच बजे के बीच सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं बैठक में श्री विज ने अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय समिति द्वारा ऑन रोड सेफ्टी के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में दोपहिया वाहन चालकों की जीवन रक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाएं साथ ही आवारा पशुओं से होने वाले द्र्घटनाओं से बचाव के लिए मवेशियों को रेडियमयुक्त पट्टी पहनाया जाए बैठक में श्री विज ने ट्रैफिक नियमों के संबंध में जनता में जागरूकता लाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के बारे में विशेष जोर दिया गौरतलब है कि राज्य में वर्ष दो हजार अट्ठारह में करीब तेरह हजार आठ सौ सड़क हादसे हुए इनमें चार हजार पांच सौ से अधिक व्यक्तियों की मौत हो गई वहीं बारह हजार से अधिक व्यक्ति घायल हुए हैं माओवादी मुठभेड़ दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित दो माओवादी मारे गए हैं हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा सुकमा सीमा पर आज सुबह स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का संयुक्त दल तलाशी अभियान पर निकला था इस दौरान अरनपुर के पास घात लगाए माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया दोनों ओर से करीब एक घंटे तक गोलीबारी हुई बाद में माओवादी जंगल और पहाड़ों की ओट लेकर भाग खड़े हुए सुरक्षा बलों ने मौके से दो माओवादियों के शव दो राइफल और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं लोक आयोग कार्रवाई वन विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके खेतान ने लोक आयोग के प्रकरणों की जांच समय सीमा में पूर्ण करने और दोषी अधिकारी कर्मचारियों के विरूद्व कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं मंत्रालय में आयोजित बैठक में श्री खेतान ने लोक आयोग के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कहा कि जिन प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन भेजा जा चुका है उनमें पालन प्रतिवदेन तत्काल शासन को भेजा जाए चार धाम यात्रा उत्तराखंड की चार धाम यात्रा कल से शुरू हो गई है कल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए गंगोत्री धाम के कपाट सुबह ग्यारह बजकर तीस मिनट तथा यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर एक बजकर पंद्रह मिनट पर खोले गए इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की वहीं केदारधाम और बद्रीधाम मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए नौ और दस मई से खुल जाएंगे गौरतलब है कि चार धाम यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए सरकार और प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं वेंडर मीट दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सामग्री प्रबंधन विभाग ने आज रायपुर में विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक एएस वानखेड़े ने प्रतिभागी वेंडरों से मुलाकात की और उनके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया श्री वानखेड़े ने बताया कि भारत के पच्चीस स्थानों पर इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक कौशल किशोर ने वेंडरों से खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की बात कही इस मौके पर वेंडर मीट पुस्तिका का विमोचन भी किया गया साथ ही रेल संचालन में उपयोग आने वाली दो सौ से अधिक सामग्रियों के नमूनों का प्रदर्शन किया गया गौरतलब है कि रायपुर में आयोजित इस विक्रेता सम्मेलन का उद्देश्य नए आप्रतिकर्ताओं को विकसित करना है थल सेना भर्ती रैली बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में एक से दस जून तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा रैली में शामिल होने के लिए आवेदक सोलह मई तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं थल सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के डायरेक्टर कर्नल विवेक भठारा ने बताया कि थल सेना में लगभग पांच सौ से छह सौ पदों के लिए भर्ती की जाएगी इस भर्ती रैली में केवल छत्तीसगढ़ के युवा ही भाग ले सकेंगे उन्होंने बताया कि युवा चाहे देश के किसी भी संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो लेकिन यदि वह छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो वह भर्ती रैली में शामिल हो सकता है इसके लिये उन्हें कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है गौरतलब है कि यह भर्ती रैली सैनिक सामान्य ड्यूटी सैनिक तकनीकी सैनिक नर्सिंग सहायक सैनिक लिपिक स्टोर कीपर और सैनिक ट्रेडमेन पदों के लिए आयोजित की जाएगी

पूरे विश्व में रेडक्रॉस द्वारा किये गये अच्छे कार्यो से लोगों को अवगत कराने के लिए हर वर्ष आज के दिन यह दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद करना भी है जिन्होंने समय पर लोगों को अपनी सेवाएं दीं यह दिन अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति के संस्थापक हेनरी ड्नान्ट की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है इस अवसर पर प्रदेश में भी रेडकॉस समिति द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगर सेना के अग्नि शमन दल द्वारा यहां के अधिकारियों कर्मचारियों को अग्नि द्र्घटनाओं से बचाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया इसके अलावा अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव और आग को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न उपायों के विषय में भी जानकारी दी गई संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेण्डरी हाईस्कूल और हायर व्यावसायिक परीक्षा के परिणाम दस मई को दोपहर एक बजे मंडल के सभाकक्ष में घोषित किया जाएगा रायपुर के माना में आज पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम वेटलिप्टिंग में रुस्तम सारंग सहित एक सौ छिहत्तर खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया रायपुर के पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए निकाली गई भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन कल और परसों किया जाएगा रायगढ़ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने छह पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है अंबिकापुर पुलिस ने करोड़ों रूपये ठगने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के क्थूर गांव में मवेशी से टकराकर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई

बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र के पनसारा गांव में आज एक घर में आग लग गई